जावडेकर उद्योग केन् द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्र काश जावडेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार उद्योगों को आजादी देने को तैयार है बशर्ते वे इसका जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें वे आज नई दिल्ली में भारत में रसायन उद्योग और पर्यावरणीय प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रद्षण पर काबू पाने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए श्री जावडेकर ने संगोष्ठी में मौजूद लोगों और सभी हितधारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है फायर क्रे कर के विरोध में कितने भी सख्ती के नियम कोर्ट करे या सरकार करे

राज्यगीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीत अरपा पैरी के धार महानदी हे अपार को प्रदेश का राज्यगीत घोषित किया है इस राज्यगीत को राज्य शासन द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्र म और आयोजनों के शुभारंभ में बजाया जाएगा छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर ने इस गीत को गाया है श्रीमती चंद्राकर आकाशवाणी रायपुर की सहायक निदेशक और कार्य क्र म प्रमुख भी रह चुकी हैं आइये सुनते हैं उनकी आवाज में गाया गया यह गीत गौरतलब है कि इस गीत के रचियता डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा की आज जयंती है बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर वर्मा साहित्यकार भाषाविद् होने के अलावा उपन्यास कथाकार और समीक्षक भी थे डॉक्टर वर्मा का जन्म चार नवंबर उन्नीस सौ उनतालीस को वर्धा के सेवाग्राम में हुआ था डॉक्टर वर्मा को छत्तीसगढ़ की भाषा और अस्मिता के लिए पहचाना जाता था उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य का उद्भव विकास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी राज्योत्सव स्टॉल राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव में कृषि विभाग के स्टॉल को पहला स्थान मिला है वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग के स्टॉल को तीसरा स्थान मिला है इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उप क्र मों में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टॉल को पहला बालको के स्टॉल को दूसरा और एनटीपीसी कोरबा के स्टॉल को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के तीसरे दिन दोनों श्रेणियों में पहले तीन स्थानों पर रहने वाले विभागों और सार्वजनिक उपक्र मों को पुरस्कृत भी किया गोरतलब है कि राज्योत्सव में राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उप क्र मों ने अपने अपने विभाग के स्टॉल लगाए हैं जिनका मूल्यांकन कर पुरस्कारों की घोषणा की गई है

यह महोत्सव पंद्रह दिन तक चलेगा महोत्सव का विषय जनजातीय संस्कृति शिल्प व्यंजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है आज नई दिल्ली में द्र ाईफेड के प्रबंध निदेशक प्र वीण कृष्णा ने बताया कि महोत्सव में सत्ताईस राज्यों के एक हजार से अधिक जनजातीय कारीगर भाग लेंगे महोत्सव में दो सौ स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय शिल्पकला कला चित्रकारी वस्त्र आभूषण और अन्य की प्रदर्शनी के साथ बिक्र ी की सुविधा होगी

इस बदलाव में बस्तर और दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित पांच जिलों के पुलिस अधीक्षक भी प्रभावित हुए हैं अजय कुमार यादव को दुर्ग का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है बीती रात जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय पिल्ले को लोक अभियोजन और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला का संचालक बनाया गया है वहीं पवन देव को पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन का अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है अशोक जुनेजा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एसटीएफ प्रशासन भर्ती चयन और प्रशिक्षण का प्रभार दिया गया है वहीं दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता अब आईजी गुप्तवार्ता होंगे बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा को दुर्ग रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है टीआर पैकरा को अपर परिवहन आयुक्त बनाया गया है वहीं केएसआरपी कल्लूरी को पुलिस मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रतनलाल डांगी सुंदरराज पी डॉक्टर संजीव शुक्ला बी एस ध्र्व बालाजी राव सोमावार केएल ध्र्व मिलना क्रे कमलोचन कश्यप भोजराम पटेल चंद्रमोहन सिंह त्रिलोक बंसल बीपी राजभानु और विवेक शुक्ला का भी तबादला किया गया है मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में कल पांच नवंबर को मंत्रालय में तीन महत्वपूर्ण बैठक लेंगे पहली बैठक में प्रदेश के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है दूसरी बैठक सर्वदलीय होगी जिसमें सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे वहीं तीसरी बैठक में प्रदेश के सभी किसान संघों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा को बैठक के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं है महासमुंद चिटफंड महासमुंद जिले के सरायपाली में फर्जी दस्तावेज के सहारे लोगों को मोटरसाइकिल दिलाने और पैसा दोगुना करने का झांसा देने के मामले में पूलिस ने तीन व्यक्तियों के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य आरोपी पिथौरा निवासी रूपधर चौधरी कंपनी का डायरेक्टर है जिस पर अपने दो सहयोगी टंकधर पटेल और उमेश पटेल के साथ मिलकर लोगों के साथ ठगी करने का आरोप है सुको मुकेश गुप्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में फोन टैपिंग को लेकर लगाई गई याचिका से कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा दिया है मिली जानकारी के अनुसार श्री गुप्ता ने याचिका में आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उनकी और बेटियों के फोन अवैध रूप से टैप किए जा रहे हैं नाव हादसा बीजापुर जिले के सतवा घाट पर बीते दो नवंबर को नाव पलटने से बही दो महिलाओं के शव आज बरामद कर लिए गए हैं बताया जाता है कि घाट से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंगोली घाट के पास ये शव मिले हैं गौरतलब है कि बीते दो नवंबर को नेलेसनार थाना क्षेत्र में सतवा घाट पर नदी पार करते समय नाव के पलट जाने से एक बच्चे सहित तीन लोग बह गए थे इनमें से बच्चे को तो बचा लिया गया था जबकि दो अन्य महिलाओं का पता नहीं चल पाया था गरियाबंद किसान पदयात्रा बकाया भुगतान और पंद्रह नवंबर से धान खरीदी करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गरियाबंद जिले के किसानों ने पदयात्रा शुरू की है यह पदयात्रा राजिम मण्डी से शुरू होकर कल रायपुर में समाप्त होगी पदयात्रा के समापन के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराएगा व्याख्याता दस्तावेज परीक्षण लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता पद के लिए आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कल पांच नवंबर से ग्यारह नवंबर तक किया जाएगा इन दस्तावेजों का परीक्षण रायपुर के शंकर नगर स्थित शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में किया जाएगा सत्यापन दो पालियों में सुबह दस बजे और दोपहर साढ़े बारह बजे से होगा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रसायन शास्त्र विषय के पांच सौ सोलह अभ्यर्थियों को कल बुलाया गया है

इस स्पर्धा में सोलह राज्यों से करीब सात सौ प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं

इसमें इक्कीस महाविद्यालयों के पांच सौ से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं